बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अगले वर्ष ग्यारह फरवरी से

और पछ्आ हवा के कारण प्रदेश में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी

पटना स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से द्रष्कर्म मामले में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ प्रसाद यादव और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है नालंदा जिले के बिहारशरीफ में द्रष्कर्म की यह घटना हई थी सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदलत ने राजवल्लभ प्रसाद यादव पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है दो अन्य जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है उनके नाम सुलेखा देवी और राधा देवी हैं वहीं दोषी करार दिये गये ट्रन्नी कुमारी संदीप सहित तीन को दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा प्राप्त हुई है विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने इस महीने के पन्द्रह तारीख को छह लोगों को पोक्सो कानून और दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया था इस मामले में नौ फरवरी दो हजार सोलह को राजवल्लभ प्रसाद यादव सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी चारा घोटाला मामले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी सीबीआई की ओर से वकील ने इस मामले में बहस के लिए न्यायालय से समय की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया अब इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष चार जनवरी को होगी गौरतलब है कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए श्री प्रसाद ने न्यायालय से जमानत देने का अनुरोध किया है प्रवर्तन निदेशालय मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर से जमीन खरीदने वाले दस लोगों से पूछताछ करेगा गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश ठाकूर ने आनन फानन में मुजफ्फरपुर स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन बेच दी थी अवैध संपत्ति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ब्रजेश ठाकुर की पत्नी कुमारी आशा और उसके पुत्र राहुल आनंद को कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेतिया में बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यालय में पदस्थापित जूनियर इंजिनियर नवल कुमार को एक लाख इक्यानवे हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आरोपी को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मीठापुर बस स्टैंड के पास एक मिठाई द्रकान में ठेकेदार से घूस लेते गिरफ्तार किया गया वह पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक पहुंच पथ के निर्माण को लेकर मापी पुस्तिका को अद्यतन करने के लिए ठेकेदार से घूस ले रहा था लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने आज इस मुद्दे को लेकर लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान से बातचीत की बाद में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में ही चुनाव लड़ेगी

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस दौरान सदन की कुल सात बैठकें आयोजित होंगे

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना और अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है पछुआ हवा चलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है इधर कोहरा छाये रहने से सड़क रेल यातायात और विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही हैं गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना में न्यूनतम तापमान गिरकर नौ डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है वहीं भागलपुर का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी और सुबह के समय कोहरा छाये रहने की संभावना है मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने ठंड में बढ़ोतरी के मद्देनजर कल से सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल ने सभी स्कूलों का संचालन सुबह साढ़े नौ बजे से तीन बजे तक करने का आदेश दिया है इधर मुंगेर जिले में असरगंज प्रखंड क्षेत्र में चार गांवों में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है जिसके बाद इस इलाके में पक्षियों और मुर्गियों को मारने के आदेश दिये गये हैं पिछले दिनों अचानक कई पक्षियों की मौत हो गयी थी जिसके बाद केन्द्रीय जांच टीम ने नमूने लेकर जांच किये थे

उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से तस्करी के लिए विभिन्न शहरों में ले जाये जा रहे पांच सौ अड़तीस बच्चों और एक सौ अठाईस महिलाओं को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है एसएसबी आईजी ने कहा कि बल के जवानों ने एक सौ दस नक्सलियों और बत्तीस सौ से अधिक तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति के विरोध में आज पटना के गर्दनीबाग इलाके में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला पुलिस की घेराबंदी तोडकर राजभवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी इस घटना में एक पुलिस पदाधिकारी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता को चोट आयी है विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद पप्पू यादव ने किया श्री यादव ने बाद में राजभवन जाकर पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की गयी है व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या के विरोध में आज पटना में दवा व्यवसायियों ने अपनी दूकाने बंद रखी बाद में व्यवसायियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध मार्च निकाला पटना जिले में बत्तीस थानाध्यक्षों को बदल दिया गया है वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक मनु महाराज ने कानून व्यवस्था की स्थित मजबूत करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर यह फेरबदल की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आज पटना के बड़ी पटन देवी कॉलोनी में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार और पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने संबोधित किया वहीं पूर्णियां जिले के गुलाबबाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक विजय खेमका और प्रर्णियां नगर निगम की महापौर सविता देवी ने किया एन डी आर एफ की ओर से पटना के संत माइकल हाई स्कूल में आज आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान स्कूली बच्चो और अध्यापकों को भूकंप से बचाव और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी गयी खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत मलता धुतौली गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गया

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अगले वर्ष ग्यारह फरवरी से

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी